राज्य में सामान्य कामकाज प्रारंभ हो सके इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है

सीबीएसई स् ष्टीकरण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज मीडिया में छप्पी इन खबरों को बेब्नियाद बताया कि बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं बोर्ड की ैरीक्षाओं के बारे में कोई नया फैसला किया है

दीनदयाल समितियां मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने वार्ड और ांचायत स्तर ांर दीनदयाल समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के भाज ा विधायकों जिला ार्टी अध्यक्षों और मंडल प्रमुखों के साथ एक ऑडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान आज यह जानकारी दी

इससे करीब ग्यारह करोड़ बच्चों को लाभ होगा

कोरोना महामारी ने प्रदेश के चार नए जिलों ब्रहान र अशोकनगर शहडोल और रीवा में भी अ ने पैर फैला लिए हैं

इस संक्रमण से जिले में तीन मौत हो च्की है

केन्द्रीय कार्मिक शिकायत और शेशन मामलों के मंत्रालय ने आज एक आदेश जारी कर कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की श्रंखला को तोड़ने के लिए उसके कार्यालयों में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों जिनमें अन्बंधित कर्मचारी भी शामिल हैं को आरोग्य सेत् ऐस तत्काल अ ने फोन में डाउनलोड करनी होगी सरकार का कहना है कि यह कदम सभी कर्मचारियों की स्रक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है

वे विशेष प्रकार के कैंसर से ज्झ रहे थे जो बह्त कम लोगों को होता है

इसके साथ ही मुख्य बाजार मे वाहनों र प्रतिबंध लगाया गया है